राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नर्सों द्वारा कोरोना महामारी के दौरान समर्पण भाव से दी गई सेवाओं को सराहा

और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बिलासपुर स्थित एम्स को कोविड केयर सेन्टर के रूप में इस्तेमाल करने की मांग की कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि होम आईसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों की स्थिति बिगड़ने पर उन्हें तुरन्त अस्पताल पहुंचाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए इससे कोरोना मरीजों को अस्पताल में बेहतर उपचार प्रदान किया जा सकेगा मुख्यमंत्री आज शिमला से पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत कर रहे थें मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से विवाह समारोहों के दौरान सख्त निगरानी रखने का आग्रह किया मुख्यमंत्री ने माना की कुछ लोग अभी भी शादी समारोहों में कोरोना मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नही कर रहे हैं उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को बाहर के लोगों के बिना घर में विवाह आयोजित करने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए इससे महामारी के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी उन्होंने राज्य के बाहर से आ रहे लोगों पर कड़ी नजर रखने का भी पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान नर्सों द्वारा समर्पण भाव से दी गई सेवाएं और प्रयास सराहनीय हैं राज्यपाल आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर राजभवन शिमला में आईजीएमसी शिमला की नर्स पीना शर्मा को नर्सिंग समुदाय की ओर से सम्मानित करने के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि नर्से अपनी जान की परवाह किए बिना ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने में जुटी हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के त्याग और समर्पण को याद करते हुए राज्यपाल ने इस व्यवसाय से जुड़े सभी कोरोना योद्वाओं का आभार जताया राज्यपाल की धर्म पत्नी वसंथा बंड़ारू भी इस अवसर पर उपस्थित थीं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने भी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत नर्सों को शुभकामनाएं दी है उन्होंने कहा कि चिकित्सा सबसे पवित्र व्यवसाय है जो पीड़ित मानवता की सेवा का बेहतर अवसर प्रदान करता है उन्होंने कहा कि बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में डॉक्टरों के साथ साथ नर्सों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी नर्से व चिकित्सा से जुड़े सभी लोग इस महामारी में भी अपने दायित्व को बखूबी निभा कर पीड़ित मानवता की सेवा में समर्पित हैं जिसके लिए प्रदेश की जनता उनकी आभारी है गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने चिकित्सों से कहा है कि वे होम आईसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों के साथ संवाद बनाये रखें इससे उनका मनोबल बढ़ता है और वे जल्द स्वस्थ होते हैं गोविंद ठाकुर आज मनाली में स्वास्थय विभाग के अधिकारियों के साथ ज़िले में कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे थें उन्होंने कहा कि ज़िले के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन और बिस्तरों की कमी नहीं है गोविंद ठाकुर ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के बावजूद प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां जारी हैं इससे खास कर श्रमिक वर्ग को काम करने की सुविधा मिल रही है उन्होंने लोगों से कर्फ्यू के नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील भी की

हमारे चंबा संवावदाता विकास ठाकुर के मुताबिक इस राशन का पात्र लोगों को वितरण जल्द शुरू हो जाएगा

सैजल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने आज कांगड़ा ज़िला में कोरोना उपचार के लिए निर्धारित स्वास्थ्य संस्थानों और होम आईसोलेशन में कोरोना रोगियों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया और रोगियों से बातचीत की उन्होंने कोविड टीकाकरण केंद्रों में व्यवस्थाओं को जायजा भी लिया और धर्मशाला में जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की सैजल ने इस मौके पर कहा कि सरकार कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है उन्होंने कहा कि हर स्तर पर कोरोना रोगियों के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है बाद में उन्होंने कोविड मेकशिफ्ट अस्पताल परौर का भी दौरा किया

निपुण जिंदल प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र के अस्पतालों और प्रयोगशालाओं को आरटी पीसीआर परीक्षण की अनुमति दे दी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने आज शिमला में कहा कि निजी क्षेत्र में रैपिड एंटीजन टैस्ट और द्वनेट के माध्यम से कोरोना टैस्ट के लिए शल्क दरें भी निर्धारित की गई हैं

उन्होंने कहा कि सरकार ने कम जोखिम वाले स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को क्वारंटीन करने की शर्त भी समाप्त कर दी है हालांकि उच्च जोखिम वाले कार्यकर्ताओं को एक सप्ताह का क्वारंटीन और इसके बाद कोरोना टैस्ट अनिवार्य है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर ने सरकार से बिलासपुर में नव निर्मित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को कोविड केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल करने की मांग की है

उन्होंने बिलासपुर और घुमारवीं अस्पतालों को कोविड केयर सेंटर बनाने से आम रोगियों को आ रही मुश्किलों की चिन्ता जताई राठौर ने आरोप लगाया कि कोविड नियमों को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट न होने के कारण प्रदेश विकट स्थिति से गुजर रहा है उन्होंने कहा कि सरकार इस महामारी से निपटने में पूरी तरह असफल रही है हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है